प्रदेश में तेज सर्दी का असर चूरू सीकर सहित कुछ जिलों में शीत लहर का प्रकोप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

मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

यहॉ कांग्रेस के बंशीधर सैनी अध्यक्ष बने हैं सिरोही जिले के आबू रोड नगरपालिका में भाजपा के मगदान चारण विजयी हये कोटा के रामगंज मंडी में कांग्रेस के देवीलाल और इटावा नगरपालिका में भाजपा की रजनी ने जीत हासिल की करौली जिले के हिण्डौन और करौली नगर परिषद टोडाभीम नगरपालिका में कांग्रेस प्रत्याशी विजयी रहे बारां जिले में नगर परिषद और अंता नगरपालिका में कांग्रेस को जीत मिली है धौलपुर में निर्दलीय खुशबू सिंह ने जीत हासिल की

मतदान पूरा होते ही मतगणना शुरू की गई

सभी निकायों में उपाध्यक्ष कल चुने जायेंगे

पाली में जिला प्रभारी मंत्री सालेह मोहम्मद और उप मुख्य सचेतक महेन्द्र चौधरी ने फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा बैठक की उधर हनुमानगढ़ में जिला प्रभारी मंत्री डॉ बीडी कल्ला ने सुचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा तैयार की गई जिला दर्शन पुस्तिका का विमोचन किया वहीं सवाईमाधोपुर में युवा मामले और खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने आज विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया उद्योग मंत्री परसादीलाल मीणा और श्रम राज्यमंत्री टीकाराम जूली ने आज जयपुर में जिला दर्शन पुस्तिका का विमोचन किया इस अवसर पर आयोजित प्रेस वार्ता में उद्योग मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के बेहतरीन प्रबंधन के कारण कोरोना संकमण पर प्रभावी नियंत्रण किया गया है

चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने बताया कि ये पर्यवेक्षक आचार्य स्तर के फैकल्टी होंगे जयपुर और उदयपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों से जुड़े निजी मेडिकल कॉलेजों में ज्वाईनिंग तक की प्रकिया की देखरेख के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है

इसके लिये सभी जिला मुख्यालयों पर न्यूनतम एक परीक्षा केन्द्र स्थापित किया गया जहाँ कोरोना दिशा निर्देशों की पालना के साथ परीक्षा संपन्न हुई बोर्ड को अध्यक्ष डॉ डी पी जारोली ने बताया कि इस परीक्षा में दसवीं और बारहवीं कक्षा के विद्यार्थी पंजीकृत किये गये थे

एक सौ पॉच वर्षीय श्री ढाका ने महात्मा गांधी की प्रेरणा से स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर उन्हे श्रद्वाजलि देते हुये कहा कि आजादी की लड़ाई में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जायेगा

इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम चलाई जा रही है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

चूरू भीलवाड़ा चित्तौड़गढ उदयपुर सीकर और पिलानी में शीतलहर का प्रकोप बना हुआ है सर्द हवाओं ने गलन बढा दी है हालांकि धूप निकलने से दिन में सर्दी से थोड़ी राहत मिली आज अधिकतर स्थानों पर न्यूनतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई

यहॉ सुबह खुले मैदानों में बर्फ की हल्की परत जमी हुई देखी गई

हमारे संवाददाता ने बताया कि कड़ाके की सर्दी से जनजीवन प्रभावित हो रहा है

खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने सात दिसम्बर को सोशल मीडिया के माध्यम से इस आयोजन का शुभारंभ किया था इसमें देश भर से साइकिल चालक भाग ले रहे हैं फिट इंडिया साइक्लोथॉन को बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही हैं